उन्होंने कहा कि सैनिकों का बलिदान और साहस अतल्य है और देश को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री ने एक बार फिर गलवान घाटी में बहाद्र शहीदों को श्रद्वांजलि दी उन्होंने कहा कि सैनिकों का साहस उस चोटी से भी ऊंचा जिसके वे प्रहरी हैं प्रधानमंत्री ने सेना के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों की बहादुरी का कोई मुकाबला नहीं जिन कठिन परिस्थियों में जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बनकर के उसकी रक्षा करते हैं उसकी सेवा करते हैं उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है आपका साहस उस कंचाई से भी कंचा है जहां आप तैनात आपका निश्वय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं आपकी षुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत हैं जो आपके इर्द गिर्द खड़ी हैं आपकी इच्छा शक्ति आस पास के पर्वतों जितनी अटल है प्रधानमंत्री ने कहा कि सैनिकों ने जो बहादुरी दिखाई है उसका संदेश पूरी दुनिया में गया है और सबको भारत की ताकत का पता चल गया है श्री मोदी ने कहा कि सेना की चौदहर्वी कोर की बहाद्री की चर्चा हर कहीं होगी और उनकी बहाद्री और बलिदान की गाथाए देश के घर घर में गूंजेंगी प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश के शत्रओं ने हमेशा हमारी सेना के दिलों में साहस की अग्नि प्रज्जवल्लित की है उन्होंने कहा कि लददाख की यह भूमि भारत का ताज है और इसने राष्ट्र को अनेक बहादुर जवान दिये हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख की भूमि ने एक से बढ़कर एक वीर भारत को दिये हैं इससे पहले प्रधानमंत्री आज सुबह अचानक लेह पहंचे इस दौरे में उनके साथ प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और सेना अध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे भी थे चीन के साथ तनाव के बीच निमू में अग्रिम चौकी पर मैजूद वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को मौजूदा स्थिति की जानकारी दी करीब ग्यारह हजार फुट की उंचाई पर स्थित निमू सबसे दुर्गम क्षेत्रों में शामिल है यह क्षेत्र जन्सकार रेज से घिरा है और सिन्धु नदी के तट पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन संक्रमण पर नियंत्रण के लिए हर स्तर पर सतर्कता बरतने पर बल दिया है उन्होंने कहा कि अनलॉक के दूसरे चरण के दौरान संचालित विभिन्न गतिविधियों में संक्रमण से सुरक्षा के लिए सभी प्रोटोकॉल का कडाई से पालन कराया जाए उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लोग दो गज की दूरी के नियम का पालन करें और मास्क का प्रयोग करें उन्होंने कोरोना के सम्बंध में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार को जारी रखने के निर्देश दिए हैं लखनऊ में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड नाइन्टीन की जांच में और तेजी लाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि इसके लिए रैपिड एंटिजन टेस्ट को बढ़ावा दिया जाए उन्होंने प्रशिक्षित मेडिकल टीम तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकत्रियों भूतपूर्व सैनिकॉ चिकित्सा सेवा से जुड़े सेवानिवृत्त लोगों को प्रशिक्षित कर उनका सहयोग लिया जा सकता है कानपुर जिले में अपराधियों के साथ मुठमेड़ में एक पुलिस उपाधीक्षक सहित आठ पुलिसकर्मी शहीद हो गये यह मुठमेड़ उस समय हई जब पुलिस का एक दल साठ आपराधिक मामलों के हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए कल रात चौबेप्र थाना के अंतर्गत बिकरु गांव जा रहा था जब यह दल अपराधियों के ठिकाने पर पहंचने वाला था तभी एक मकान के छत से उनके ऊपर अंधाध्व गोलीबारी की गयी गोलीबारी में पुलिस उपाधीक्षक देवेन्द्र मिश्रा तीन उपनिरीक्षक और चार सिपाही शहीद हो गये घटना का व्यौरा देते हुए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक एच सी अवस्थी ने बताया कि शायद इन अपराधियों को पुलिस दल के छापे का पता चल गया था सूचना मिलने पर कानून और व्यवस्था के अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस महानिरीक्षक कानपुर और कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्य दल को घटना की जांच का काम दे दिया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्वांजलि दी है मुख्यमंत्री ने कानपुर पहचकर शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंघाया मुख्यमंत्री मुठमेड़ में घायल पुलिसकर्मियों से भी मिले आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड नाइन्टीन पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के वृद्वावस्था रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रसुन चटर्जी चर्चा में भाग लेंगे यह कार्यक्रम रात साढे नौ बजे से एफ एम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक पांच सात छ सात पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं श्रोता शून्य एक एक दो तीन तीन एक चार चार चार पर भी सवाल पूछ सकते हैं बलिया जनपद के नगर क्षेत्र में बढ़ते कोरोना के प्रभाव को देखते हुए जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने दस जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया है उन्होंने इस लॉकडाउन को कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिये आवश्यक बताते हुए कहा कि तॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा